मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मंडी ज़िले के कांगणीधार में शिवधाम की रखी आधारशिला संत गुरू रविदास की जयंती प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाई गई

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केन्द्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है तो हैंड मेड इन इंडिया की मांग भी उतनी ही है राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्ल्सटर विकसित करने का प्रयास किया गया है

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मंडी को नगर निगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित विधायक राकेश जम्वाल कर्नल इंद्र सिंह विनोद कुमार हीरा लाल इंद्र सिंह गांधी जवाहर ठाकुर और प्रकाश राणा भी मौके पर मौजूद रहे भेंट विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की उन्होंने विधानसभा परिसर में कल विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्यपाल के साथ किए गए दुर्व्यहार पर दुख जताया और चिंता जाहिर की इस बीच पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने भी आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की विधानसभा परिसर में हुई घटना के मद्देनजर राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की संजय कुंडू ने राज्यपाल को हुई असुविधा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी उन्होंने कहा कि राज्य के पहले नागरिक होने के रूप में पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरतने और राज्यपाल को उनके भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया है रविदास जयंती संत गुरू रविदास जी की जयंती आज प्रदेशभर में धार्मिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई गई भक्ति आंदोलन के संत रविदास जी ने जाति प्रथा समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए इस अवसर पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेशवासियों को संत रविदास की जयंती पर शुभकामनाएं दी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के कृष्णा नगर में संत रविदास सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संत गुरू रविदास की शांति भाईचारे व सदभावना की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं भारद्वाज ने कहा कि उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर विश्व शांति व सदभावना के पथ पर आगे बढ़ सकता है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सभी लोगों से संत रविदास से प्रेरणा लेने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि संत रविदास एक महान संत कबीर और समाज सुधारक थे ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि संत गुरू रविदास ने मानवता को समता समभाव सेवा व सदभावना का गुरू मंत्र देकर एक आदर्श समाज के निर्माण की प्रेरणा दी ऊना ज़िले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की हंडोला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए

मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा वीरेंद्र कंवर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार सिरमौर ज़िले में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है एक बयान में उन्होंने कहा कि जिले के राजगढ़ पच्छाद और संगड़ाह में लहसुन की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है जबकि अन्य विकास खंडों में किसान इसे वैकल्पिक फसल के तौर पर उगा रहे हैं

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की मलोट पंचायत में आज आयुष विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आर्युवेद और योग से मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है बिक्रम ठाकुर ने कहा कि संयमित नियमित व स्वस्थ जीवनशैली योग व आयुर्वेद से ही संभव है

बिक्रम ठाकुर ने बाद में हलेड़ पंचायत के रणो गांव में जनसमस्याएं भी सुनी धूमल हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा सत्र आयोजित किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे इस दौरान उन्होंने सुजानपुर मंडल के पदाधिकारियों को जनसंघ से भाजपा बनी पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाया